सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना और मास्क का उपयोग बेहद जरूरी है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्रदृष्टि और मजबूत व सशक्त नेतृत्व के कारण आज देश में कोरोना वायरस के संक्रमण में काफी हद तक रोक लगी है भारद्वाज ने पार्टी कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों से विभिन्न स्तरों पर सहयोग करने का आहवान भी किया इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मेहता और भाजपा नेता प्रमोद शर्मा सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकूर ने कहा है कि प्रदेश में अभी अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू नहीं होगी कुल्लू में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि करीब अढ़ाई महीने के अंतराल के बाद आज से प्रदेश में बस सेवा आरम्म की गई है

उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के चालक व परिचालक कोरोना योद्वाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा व सुविधा के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं

चंबा में सामने आए तीन कोरोना संक्रमितों में एक दिल्ली और दो तामिलनाडू से वापिस लौटे हैं और ये चंबा को बनीखेत में संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे वहीं सोलन के नालागढ़ से सामने आए दोनो कोरोना संक्रमित हाल ही में कोलकाता से वापिस लौटे थे और इन्हें नालागढ स्थित संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रखा गया था

कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आगामी सेब सीजन को देखते हुए प्रदेश सरकार से बागवानों के लिए पर्याप्त मात्रा में कार्टन ँऔर ट्रे उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है उन्होंने किसानों बागवानों आढ़तियों और ट्रांसर्पोटरों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है राठौर आज पराला सब्जी मंडी में किसानों बागवानों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे राठौर ने ये भी कहा कि उन्होंने सेब सीजन के दौरान आढ़तियों और लदानियों की संभावित समस्याओं को देखते हुए एचपीएमसी से इसके उचित विपणन की मांग भी सरकार से की है उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश सरकार फसलों के नुकसान का आकलन कर किसानों बागवानों को जल्द ही आर्थिक सहायता प्रदान करेगी कोरोना राहत केन्द्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण मुसीबते झेल रहे किसानों के लिए कई राहत उपाय किये हैं किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये कम दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए दो लाख करोड रूपये का प्रावधान किया गया है वहीं प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को दो हजार रूपये प्रतिमाह दिये जा रहे हैं देश में शीत भण्डारों का ढांचा मजबूत करने के लिए एक लाख करोड रूपये की एक योजना शुरू की गई है डीसी हमीरपुर नादौन उपमंडल में कोरोना वायरस के दो मामले सामने आने के बाद पनसाई व मालग पंचायतों के दो वार्डो को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है हमीरपुर के उपायुक्त हरीकेश मीणा ने बताया कि इन क्षेत्रों में कफ्यू में दी गई ढील समाप्त कर दी गई है उन्होंने कहा कि लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घरद्वार पर की जाएगी

उपायुक्त ने कहा कि फलों के विपणन ँ के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों और श्रमिकों की सुविधा के प्रबंध भी किए गए हैं